आज देश के एक सौ पच्चीस करोड निवासियों के पास अपनी विशिष्ट पहचान का प्रमाण आघार संख्या के रूप में उपलब्ध है इतना ही नहीं पहचान के प्रमाण के रूप में आधार का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है इसकी शुरूआत से अब तक सैंतीस हजार करोड़ बार पहचान के सबूत के रूप में आधार सेवा का उपयोग किया जा चुका है इस समय भारतीय विशिष्ट पहचान संख्या प्राधिकरण को प्रमाणित करने के लिए रोजाना तीन करोड़ अनुरोध प्राप्त होते हैं लोग आधार विवरण को अद्यतन रखने के लिए भी तैयार रहते हैं और प्राधिकरण को रोजाना इसके लिए तीन से चार लाख अपडेट प्राप्त होते हैं प्रदेश में संवेदनशील क्षेत्रों में कड़े सुरक्षा इंतजाम के बीच आज समूचे राज्य में स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है एहतियात के तौर पर लखनऊ अलीगढ़ आगरा मथ्रा और बुलंदशहर सहित करीब इक्कीस जिलों में कल रात से इंटरनेट सेवाएं बंद हैं

उन्होंने कहा कि पुलिस ने हर समुदाय के लोगों के बीच जाकर भ्रम की स्थिति को दूर करने का काम किया है पुलिस ने शांति कमेटियों की बैठकें की हैं और लगातार जागरूकता अभियान में हिस्सा लिया है ताकि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर किसी भी प्रकार की अफवाहों को रोका जा सके प्रदेश भर से अभी तक किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है और पुलिस लोगों से निरंतर शांति बनाए रखने की अपील कर रही है

इन लोगों के समूह ने कहा कि कानून के जरिए भारत ने बांग्लादेश पाकिस्तान और अफगानिस्तान के उन लाखों हिंद सिख बौद्ध जैन पारसी और ईसाइयों के प्रति अपना फर्ज पूरा किया है जो हाल के वर्षो में इन देशों से भारत गये लेकिन जिन्हें कोई अधिकार नहीं था अनेक देशों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों और प्रमुख संगठनों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षरयक्त बयान में कहा गया है कि दनियाभर में रह रहे बांग्लादेश के प्रवासी हिंदओं और अन्य धार्मिक तथा देशज समुदायों ने भारतीय संसद में पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम का पूरी तरह समर्थन किया है आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचारों की नई श्रंखला जानना जरूरी है में हम उन योजनाओं और समसामयिक विषयों के बारे में आपको वास्तविकता से रूबरू करा रहे हैं जिनके बारे में पूरी जानकारी के अमाव में आम लोग सनी सनाई बातों के आधार पर अपनी धारणा बना लेते हैं इस श्रृंखला में आप रूबरू हैं नागरिकता संशोधन कानून के बारे में फैले भ्रम और वास्तविकताओं से नागरिकता संशोधन कानुन को लेकर एक भ्रम यह भी है कि यह देश के मुल नागरिकों और खासकर मुस्लिम समुदाय के हितों पर फर्क डालेगा जबकि वास्तविकता यह है कि इस कानून से देश के मूल नागरिकों के हितों पर कोई आंच नहीं आएगी बल्कि इसका मकसद पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान से इकत्तीस दिसम्बर दो हजार चौदह तक धार्मिक उत्पीड़न के चलते आने वाले हिन्दू सिख बौद्व जैन ईसाई और पारसी समुदाय के शरणार्थियों को नागरिकता देना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार को दिन में ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे लोग अपने संदेश एक आठ शुन्य शुन्य एक एक सात आठ शुन्य शुन्य या नमो एप ओपन फोरम और माई जी ओ वी डॉट इन पर भेज सकते हैं

प्रदेश में पिछले दस दिनों से कड़ाके की ठंड का दौर जारी है मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में ठंड के कम होने के आसार नहीं हैं वहीं परिचमी विक्षोम की स्थिति बनने के कारण प्रदेश के कुछ हिस्सों में इकत्तीस दिसंबर से दो जनवरी के बीच बारिश की संभावना जतायी जा रही है जिसके बाद ठंड में और बढोत्तरी हो सकती है मैसम विमाग के अनुसार प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में कल का दिन सबसे सर्द रहा इस दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांशों संभागों में तापमान सामान्य से तेरह डिग्री सेल्सियम कम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से ग्यारह डिग्री सेल्सियम कम दर्ज किया गया कल गोरखपर का न्यनतम तापमान पांच दशमलव चार डिग्री सेल्सियस रहा मौसम विभाग ने कल पूर्वांचल के अधिकांश हिस्सों में घने कोहरे की संभावना जतायी है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बैजनाथ कन्नौजिया का कल उनके पैतक निवास मेंडकृल सुल्तानपुर में निधन हो गया वह एक सौ तीन वर्ष के थे उन्हॉने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अंग्रेजों भारत छोड़ो आन्दोलन में बढ़चढ़ कर भाग लिया था कल पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अन्तिम संस्कार कर दिया गया